पारो हवाई अड्डे पर भूटान के प्रधानमंत्री डॉ लोते शेरिंग अनेक वरिष्ठ मंत्रियों और उच्च अधिकारियों ने उनका स्वागत किया प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया नरेन्द्र मोदी की यात्रा कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया है कि पारो से थिम्पू तक पचास किलोमीटर की सड़क यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए अधिकांश स्थानों पर बच्चे और युवा भारतीय और भूटानी इंडे लिए पंक्तिबद्व खड़े थे

भूटान में कहते हैं आशितजले यानि आपके लिए सब अच्छा हो नसीम नकवी आकाशवाणी समाचार थिम्पू भूटान भूटान रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मौजूदा कार्यकाल के शुरूआत में उनकी भूटान यात्रा यह दर्शाती है कि भारत के अपने मित्र और पड़ोसी देश के साथ संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी यात्रा से दोनों देशों के लोगों की प्रगति और समृद्व भविष्य के लिए मित्रता और प्रगाढ़ होगी इस यात्रा से भूटान के साथ समय की कसौटी पर खरे उतरे हमारे संबंध और मित्रता को और बढ़ावा मिलेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि सरकार आयुष्मान भारत योजना और स्वास्थ्य संबंधी अन्य मिशन के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प है राष्ट्रपति वर्धा में सेवाग्राम में महात्मा गांधी इन्दीटयूट ऑफ मेडिकल साइंस के स्वर्ण जयंती समारोह में छात्रों को संबोधित कर रहे थे समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव और मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस भी मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की पच्चीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे मन की बात सवेरे ग्यारह बजे से प्रसारित किया जाएगा प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल में मन की बात कार्यक्रम की यह तीसरी कड़ी होगी प्रदेश सरकार राज्य के समी अट्ठारह मंडलों में श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी आवासीय स्कूल खोलेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में राज्य में कई परियोजनाओं की घोषणा की है जिनमें आगरा में अटल जी के पैतुक गांव बटेश्वर में एक स्मारक स्थापित किया जाना भी शामिल है कांग्रेस नेता पी चिंदबरम ने प्रधानमंत्री नेरन्द्र मोदी की जनसंख्या पर काबू पाने धन सुजन करने वालों का सम्मान करने और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने की घोषणाओं का स्वागत किया है उन्होंने आशा व्यक्त की कि वित्तमंत्री और कर अधिकारी प्रधानमंत्री की इस सलाह पर ध्यान देंगे प्रधानमंत्री ने लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने और जूट तथा कपड़े की थैलियों के उपयोग को प्रोत्साहन देने की अपील की थी ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके कई राज्य इस तरह की प्लास्टिक सामग्री पर पहले ही रोक लगा चुके हैं क्योंकि इससे धरती को बहत लंबे समय तक नुकसान पहंचता है शिवसेना ने भी देश की बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाने के लिए छोटे परिवार की प्रधानमंत्री की सलाह का स्वागत किया है पार्टी सांसद संजय राउत ने मुंबई में कहा है कि मोदी सरकार शिवसेना की नीतियों को आगे बढ़ा रही है और यह राष्ट्र हित में है प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में देश की बढ़ती जनसंख्या पर चिन्ता व्यक्त करते हए कहा था कि इससे कई मुश्किलें पैदा होंगी उन्होंने कहा कि परिवार को छोटा रखना देशभक्ति का काम है उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड के चार धामों को नौ सौ किलोमीटर लंबी समी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़ने की चार धाम राजमार्ग परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है न्यायालय ने इस परियोजना के सिलसिले में पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर विचार के लिए केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय से बाईस अगस्त तक एक उच्चाधिकार समिति गठित करने को भी कहा है शीर्ष न्यायालय ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पहले के फैसले को संशोधित करते हुए नई उच्चाधिकार समिति गठित करने को कहा है न्यायालय ने समिति से अपनी सिफारिशें चार महीने के भीतर देने को कहा है समिति चार धाम परियोजना के समूचे हिमालय क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी विचार करेगी गोरखपुर और आस पास के क्षेत्रों में आज सुबह से रूक रूक कर मध्यम वर्षा का सिलसिला जारी है यह वर्षा खेती के लिए लामदायक है लोगों को पिछले कई दिनों से हो रही उमस भरी गर्मी से राहत मिली है मौसम विभाग के अनुसार आगामी एक दो दिनों तक वर्षा का क्रम रूक रूक कर जारी रहने की सम्भावना है